विधेयक र्षश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए भारतीय संसद राज्य के बारे में कानून बनाने में े सक्षम है इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किये जाने के कांग्रेस के आरोपों का उत्तर देते हुए अभित शाह ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाना बंद करना चाहिए और जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिए गृहमंत्री ने इस बारे में लोकसभा में नियमानुसार रिथिति की भी जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बनाने से हमें नहीं रोक सकता भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है

इससे प्रस्तावित होता है कि यह जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानन बनाने के लिए यह संसद हमारी सबसे बडी पंचायत पूर्णतरू कॉम्पिटेंट है सभापति महोदय ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है इसलिए जहां तक जम्मू एण्ड कश्मीर का सवाल है हमे कोई भी कान्न बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता कुछ सदस्यों के शंकाओं के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि वे जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो इसमें पांक अधिकृत कश्मीर और अक्साइ चीन समेत पूरा कश्मीर शामिल होता है उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब तब पाक ओकूपायी कश्मीर और ओक्सायी चीन दोनो इसका हिस्सा हैं ये बात और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी हैं और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी हैं

लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए केंदीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जम्मू कश्मीर में सामान्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला जम्मू कश्मीर दूसरा संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस भी आज लोकसभा में पेश किया गया राज्यसभा ने कल संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद पैंतीस ए को रद्द करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था सदन ने जम्म कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दो हजार उन्नीस को भी ध्वनिमत से पारित किया इस विधेयक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किया गया है जिसमें केवल जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को भी राज्यसभा ने पारित कर दिया जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लोगों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के कारण देश के अन्य हिस्से के लोगों को मिल रहे फायदे कश्मीर के लोगों को नहीं मिल पा रहे थे ट्वीट संदशों में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कश्मीर के लोग राज्य में बेहतर शिक्षा विकास और शांति चाहते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाना राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक कदम है और इससे राज्य में व्यापक विकास कार्यक्रमों की शुरूआत होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्म कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान हटाने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अभित शाह को बधाई दी कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक गलती में सुधार कर दिया है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वे देश की एकता को मजबूत करने वाले किसी भी कदम का स्वागत करते हैं लेकिन लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है

इस मुद्दे पर मध्यस्थता के प्रयास विफल रहे थे तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर प्रधान न्यायाधीश रजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो अगस्त को संज्ञान लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य का अनुरोध नामंजूर कर दिया